मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिये इस बारे में प्रभावी प्रयास करना आवश्यक है और इसको देखते हुए सभी कार्रवाई समयबद्ध ढंग से सम्पन्न कर ली जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि मंडियों को ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई की जाये आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के अन्तर्गत क्रय एजेंसी के रूप में नामित किया जाये उन्होंने प्रत्येक मंडल में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिये उन्होंने शहरी इलाकों की पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव समय से भेजने के लिये कहा उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अन्तर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जाये उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार औरवाराणसी तक विस्तारित करने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया स जोड़ने के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज कर सहायता प्राप्त करने के भी निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना के सौ वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि चार फरवरी को पूरे प्रदेश में विभिन्न गांव विद्यालयों और स्थलों में प्रातः साढ़े आठ बजे से प्रभात फेरी निकाली जायेगी जोकि प्रमुख शहीद स्मारकों पर दस बजे पहुंचेगो इस प्रभात फेरी में एनएसएस एनसीसी सिविल डिफेंस स्काउड गाइड समाजसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं के वलटिंयर्स को सम्मिलित किया जायेगा कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं सांय काल साढ़े पांच बजे से छह बजे तक स्वतंत्रता संग्राम स्थलों शहीद स्मारकों सहित अन्य चिन्हित जगहों पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजायी जायेगी

इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और निजी प्रकाशकों के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह को लेकर पुस्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जायेगी इस अवसर पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जायेगा कार्यक्रमों के दौरान जन प्रतिनिधियों मंत्रीगण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिजनों को आमंत्रित करन के भी निर्देश दिये गये हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज ई कैबिनेट प्रशिक्षण क कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अधिकारियों को ई कैबिनेट कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद की कार्रवाई पेपरलैस हो जायेगी

इसके अलावा प्रधानमंत्री के मिनिमम गर्वमेंट मैक्सिमम गर्वनेंस के संकल्प के अनुसार कार्यो को संपादित करने में सुगमता और तेजी आयेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है

बाइट जल्दी से जल्दी और भी नये ऑर्डर्स एचएएल को मिलें ये हम लोगों की कोशिश होगी

रक्षामंत्री कल से बेंगलुरू में शुरू होने वाले तीन दिनों के एयरो इंडिया शो में भी भाग लेंगे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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखने को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है इसके बावजूद हर स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार विद्यालयों में कक्षा छह से बारह तक की पढ़ाई आगामी दिनों के दौरान प्रारम्भ करने के बारे में विचार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं को संचालित किया जाये मुख्यमंत्री ने दूर दराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने में ड्रोन के उपयोग की योजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये राज्य सभा में आज तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध और लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर तुरन्त चर्चा कराने को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए और नारे बाजी करने लगे विपक्षी दलों का मानना था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और सरकार को इस मामले पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए सभापति ने जब उनकी मांगों को नहीं माना तो वे सदन से वॉकआउट कर गए

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान कहा कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जा रहे है उनकी गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिये उन्होंने जिलाधिकारियों से अमृत योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी पांच फरवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि अब तक कोरोना से पांच लाख छियासी हजार नौ सौ सड़सठ मरीज उपचारित हो चुके हैं वहीं इससे कुल आठ हजार छह सौ अड़सठ लोगों की मौत हुई है

उन्होंने बताया कि आगामी पांच फरवरी से प्रदेश में फ्रंट लाइन वकर्स के टीकाकरण का कार्य शूरू हो जायेगा

इसके बाद राजस्थान कर्नाटक और महाराष्ट्र का नम्बर आता है